इसमें देशमर से लगभग सौ जगहों से व्यवसायियों के भाग लेने की आशा है प्रधानमंत्री इस अवसर पर मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप का शुभारंभ भी करेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर आज सिरमौर जिले के दौरे के दूसरे दिन पांवटा साहिब में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का उदघाटन करेंगे मुख्यमंत्री मुगलोंवाला करतारपूर में अजोली नारीवाला ज्वालापुल गांवों के लिए उठाउ पेयजल योजना अपर कांशीपुर व किषनकोट गांव के लिए और मुगलोवाला करतारपुर गांव के लिए सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लोकापर्ण करेंगे

और एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे मुख्यमंत्री इस बीच दोपहर बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू जाएंगे जहां वह करोड़ों रूपए की लागत से बने भवनों व योजनाओं का शिलान्यास करेंगे वहीं कुल्लू दशहरे की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या में कल शाम मन्नत नूर व राजीव थापा ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया कार्यकम में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे

इस मौके पर शिमला समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में कई कार्यकम आयोजित किए जाएंगे महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं समिति बैठक प्रदेश विधानसभा की कल्याण समिति की दो दिवसीय बैठक कल शिमला में संपन्न हुई कार्यकारी सभापति विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई इन बैठकों में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत वृद्धा आश्रमों से संबंधित प्रेषित प्रश्नावली के प्राप्त विमागीय उत्तरों का अवलोकन किया गया एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है कंडक्टर भर्ती गड़बड़झाले से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है फेल को नौकरी पास को किया बाहर हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है ट्राइबल में सब्सटीटयूट की शर्त गैरकानूनी पंजाब केसरी के शब्द हैं विकल्प की शर्त के लिए बाध्य नहीं सरकारी कर्मचारी कांगड़ा जिला के फतेहपुर ब्लाक के खंड अधिकारी के निलंबन पर दैनिक जागरण ने लिखा है सेवा नियम तोड़ने पर फतेहपुर के बीडीओ निलंबित दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अब फतेहपुर के बीडीओ सस्पेंड सरकारी कार्यक्रम से गैरहाजिर रहने पर लगातार दूसरे दिन कार्रवाई दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है बीडीओ फतेहपुर अरविंद गुलेरिया निलंबित आपका फैसला लिखता है बीड़ बिलिंग में सिंगापुर के पैराग्लाइडर की मौत स्पेन का पायलट हुआ ट्रेस दैनिक भास्कर के शब्द हैं बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी बंदला में कैश लैडिंग सिंगापुर के पायलट की मौत हिमाचल दस्तक ने लिखा है बंदला की पहािड़यों में विदेशी पायलट की मौत पति का दीदार कर व्रत तोड़ सकेंगी महिला कैदी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है हिमाचल में महिला कैदियों को करवा चौथ पर मिलेगी पति से वीडियो कांफेंसिंग की सुविधा

सीएम के हेलिकॉप्टर से चली हेलिटैक्सी ठप्प शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है रिपेयर को गया हेलीकाप्टर ट्ररिज्म टेंडर कर नहीं पाया पत्र के अनुसार दो जिलों में जनमंच बंद तीन में अब दो बार होगा आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है शिलाई में आईपीएच मंडल व रोनहाट में जल्द खुलेगा उपमंडल

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय योजनाओं के कांति पथ में प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य वन पुलिस लोक निर्माण विभाग व आईपीएच सहित विभिन्न विभागों में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर बल दिया है